मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज स्कूली बच्चों को निरोगी राजस्थान अभियान में भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स के मौके पर आज प्रधानमंत्री की ओर से दरगाह पर चादर पेश की गई

हादसा जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के पापड़ी गांव के पास उस समय हुआ जब पुलिया पर जा रही बसे अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि बस में सवार लोग एक शादी समारोह में भात भरने के लिए कोटा से सवाईमाघोपूर जा रहे थे मृतकों में ग्यारह महिलाएं दस पुरुष और तीन बच्चे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की हादसे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दुख जताया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी घटना पर दुख जताया है इस बीच घटना में मारे गये बूंदी के मृतकों का शाम को अंतिम संस्कार किया गया

मुख्यमंत्री ने कल दरे रात पुलिस महानिदेशक मुख्य सचिव तथा अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक की श्री गहलोत नेसभी जिलों में कलेक्टर स्तर पर पीस कमेटी तथा थाना स्तर पर सीएलजी की मीटिंग्स ब्रलाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने पुलिस को मुस्तैद रहने को भी कहा ताकि असामाजिक तत्वों को हिंसा या उत्पाद मचाने का कोई मौका न मिले

जिले के जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों की संख्या में आमजन ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी इससे पहले सांसद सुमेधानन्द सरस्वती ने उनकी पार्थिव देह पर प्रष्प चक्र अर्पित किया उन्होंने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हैड कांस्टेबल रतनलाल को शहीद का दर्जा देने का फैसला किया है

इस कार्यकम में उपस्थित सभी लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि वे आमजन को रोगमुक्त रहने तथा ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निरोगी राजस्थान अंगदान तथा रेयर डिजीज से संबंधित जागरूकता पोस्टर और फोल्डर का विमोचन भी किया कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघू शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने निरोगी राजस्थान के रूप में एक ऐसा अभियान चलाया है जो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोगमुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगा

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चादर लेकर दरगाह पहुंचे उन्होंने मजार पर अकीदत के फूल पेश किये और प्रधानमंत्री का संदेश पढकर सुनाया अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सद्भावना और सौहार्द के आदर्श के रूप में ख्वाजा साहब की दरगाह दूनियाभर से विभिन्न आस्था और मान्यताओं के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि उर्स में आने वाले जायरीन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

भारतीय वायुसेना बालाकोट में किए गए हमले की आज पहली वर्षगांठ मना रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादियों के प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया था उसी दिन राजस्थान में चुरू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि देश सुरक्षित हाथों में हैं इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को उसके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए नमन किया है